आने वाले तयोहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की श्रुआत को देखते हए यह अभियान चलाया जा रहा है कोविड संक्रमण की रोकथाम के उपायों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया जा रहा है मास्क लगाएं दो गज की दूरी बनाए रखें और हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें संदेश के साथ यह जनआंदोलन कम लागत और द्रगामी प्रभाव का अभियान साबित होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले मन की बात कार्यक्रम में भी लोगों से कोरोना से बचाव के उपयों को अपनाने की अपील की थी केनुद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस अभियान में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जायेगा स्प्रसिद्ध खिलाडी मिल्खा सिंह ने भी कोरोना से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता देते हए कर्मचारियों और संसाधनों का उपयोग किया जाएगा उन्होंने विभाग से उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करने और इस मद में जारी धनराशि को पारदर्शिता के साथ खर्च करने को कहा श्री खांड़ ने राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया म्ख्यमंत्री ने विभाग से इस म्श्किल घड़ी में किसी भी अनियमितता की लगातार जांच करने को कहा ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ किसी तरह का समझौता न हो बैठक में तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान और वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद थे

राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या इक्कीस हो गई है राज्य में कल रिकोर्ड चार सौ चौतीस कोविड रोगी स्वस्थ्य हए और दो सौ साठ नए मामले दर्ज किए गए प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार आठ सौ अड़तालीस है और अबतक आठ हजार तीन सौ छानबे रोगी स्वस्थ हो चुके है पिछले चौबीस घंटों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तीन सौ सतहत्तर रोगी स्वस्थ हए जबकि लोअर सियांग में सोलह चांगलांग में सात अपर स्बनसिरी तिरप और पाप्मपारे में छह छह लोहित में तीन अंजाव वेस्ट कामेंग लोंगडिंग और ईस्ट सियांग में दो दो लोअर स्बनसिरी कामले तवांग ईस्ट कामेंग और लोअर दिबांग वैली जिले में एक एक रोगी स्वस्थ हए है

सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के खाते में दिए जाने से उन्हें आवश्यक बीज या उपकरण की खरीद में सहायता मिल रही है ईस्ट सियांग जिले के मेबो के प्रगतिशील किसान रिज् मेग् बागवानी के जरिये आत्मनिर्भर बनने के साथ ही प्रदेश के किसानों के लिये एक आदर्श बन गये हैं श्री मेगू कृषि विज्ञान केद्र और बागवानी विभाग के विशेषज्ञों से स्झाव लेकर संतरा बड़ी इलाईची सहित कई नगदी फसलों की खेती कर हर साल लाखों रुपये की आमदनी कर रहे हैं

इसमें से तीन सौ करोड रूपये विशेष रूप से अरूणाचल प्रदेश के पैकेज के लिए निर्धारित किए गए हैं केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बडे पैमाने पर सडक विकास कार्यक्रम श्रू किया है